शिक्षक दिवस राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि शिक्षा जीवनभर चलने वाली प्रक्रिया है जिसकी शुरूआत माँ के गर्भ से ही होती है इस बात का उदाहरण महाभारत में अभिमन्यू के रूप में मिलता है इसलिये जब बच्चा गर्भ में होता है तभी से माँ को अच्छी पुस्तकें पढ़ना मन मेँ अच्छे विचार लाना तथा पौष्टिक आहार लेना चाहिए यह बात राज्यपाल ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्यस्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में कही

राज्यपाल ने कहा कि शिक्षकों को विद्यार्थियों को नैतिकता का पाठ भी पढ़ाना चाहिये और अच्छे संस्कार देना चाहिए बच्चों में स्वच्छता और अन्न की बचत की भावना बचपन से विकसित करना चाहिए इससे बच्चे अच्छे नागरिक बन सकेंगे बच्चों को भौगोलिक एवं ऐतिहासिक ज्ञान कराने के लिए प्रदेश और देश को पर्यटन स्थलों का भ्रमण करवाना चाहिये

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह निमाड क्षेत्र की पहली योजना है जिसमें किसी भी किसान की भुमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा

योजना में सम्पूर्ण जल वितरण पाईप प्रणाली से किया जाएगा इससे किसान आधुनिक कृषि की नवीन तकनीकों फव्वारा और ड्रिप पद्धति से सिंचाई कर सकेंगे पीएम एशियाई खेल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एशियाई खेलों में अब तक के सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाडियों को बधाई दी है खिलाडियों से बातचीत में श्री मोदी ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि छोटे शहरों ग्रामीण इलाकों और गरीब परिवारों के प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी सामने आ रहे हैं प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से और कड़ी मेहनत करने का आग्रह किया उन्होंने यह भी कहा कि उनके सामने सबसे बड़ी चूनौती ओलंपिक खेलों में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की है इस अवसर पर खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना है कि सरकार के प्रयासों से पदक तालिका में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल हो और युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले सुरक्षा व्यवस्था अनुसुचित जाति जनजाति अधिनियम में संशोधन के विरोध में प्रदर्शनों को देखते हए पुरे प्रदेश में पुलिस प्रशासन अलर्ट है प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है दो अप्रैल को भारत बंद के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में हई हिंसा और कई लोगों की मौत के बाद अब प्रशासन ने ऐसे क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया है छतरपुर ग्वालियर भिंड शिवपुरी मुरैना और श्योपुर जिलों में जिला प्रशासन ने ऐहतियातन निषेधाज्ञा लागू कर दी है निषेधाज्ञा के दौरान इन जिलों की सीमाओं में कोई भी रैली जुलुस शोभायात्रा धरना प्रदर्शन और सार्वजनिक सभा प्रतिबंधित रहेंगी साथ ही सोशल मीडिया पर किसी भी ऐसे संदेश का आदान प्रदान नहीं किया जाएगा जिससे किसी धर्म सम्प्रदाय और जाति विशेष की भावना आहत हो या वह राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को हानि पहुंचाता हो जबलपुर में भी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए अतिरिक्त बल को शहर में तैनात किया गया है इस दौरान ड्रोन कैमरे से प्रदर्शनकारियों पर नजर रखी जायेगी वहीं पेट्रोलपंप एसोसियेशन ने भी कल प्रदेश में पेट्रोलपंप बंद रखने का निर्णय लिया है जीएसटी रिटर्न वित्त मंत्रालय ने वस्त और सेवाकर जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए वार्षिक रिटर्न भरने का फॉर्म जारी कर दिया है

इन फॉर्मो की अधिसूचना के साथ ही उद्योग जगत की लम्बे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है

आजीविका मिशन एकीकृत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से लाखो महिलाओं की आर्थिक और समाजिक रिथति में बदलाव आया है शहडोल जिले में मिशन के माध्यम से एक हजार छह सौ सैतालीस महिला कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन तैयार किये गये हैं जो आज आत्मनिर्भर होने के बाद दूसरी अन्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में जुटी हैं जिले में महिलाओं के दस हजार से अधिक स्वसहायता समृह काम कर रहे हैं इन समूहों से जुड़ी सवा लाख से अधिक महिलायें छोटी छोटी आर्थिक गतिविधियों से अपनी आजीविका चला रही हैं

एकीकृत मिशन के माध्यम से तैयार किये गये कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन अपने परिवार की आजीविका चलाने के साथ दूसरी अन्य महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का काम कर रही हैं उन्हें कृ षि पश्पालन व्यापार की बारीकियां सिखाने के साथ बैंको से छोटे मोटे कर्ज दिलाने का काम करती हैं लॉलपुर गांव की रहने वाली राधा विश्वकर्मा ने हमारे शहडोल संवाददाता को बताया कि कैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई

चुनाव नवाचार जम्मू कश्मीर ने मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत एवं नगरीय विकास निर्वाचन में किये गए विभिन्न नवाचारों को लाग करने का निर्णय लिया है उन्होंने मुल रूप से नाम निर्देशन पत्र के साथ आर्थिक अपराध आदि से संबंधित शपथ पत्र लेने नोटा का प्रावधान करने और नाम निर्देशन पत्र से लेकर निर्वाचन परिणाम घोषित करने तक आईटी का उपयोग करने का निर्णय राज्य निर्वाचन आयुक्त से चर्चा करने के बाद लिया है

पार्टी मीडिया प्रभारी सचिन सक्सेना ने बताया कि श्री शाह इस दौरान रतलाम जिले के जावरा में आयोजित किसान महासम्मेलन और उज्जैन में पालक संयोजक सम्मेलन को सम्बोधित करेंगे

मौसम विज्ञान केन्द्र भोपाल के अनुसार अगले चौबीस घंटों के दौरान भिंड ग्वालियर श्योपुर शिवपुरी दतिया अशोकनगर टीकमगढ छतरपुर पन्ना के अलावा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सतना रीवा सीधी सिंगरौली तथा पूर्वी क्षेत्र के शहडोल और अनूपपुर जिलों की कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की गयी

उन्होंने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार आने पर प्रदेश से गरीबो दूर हो जायेगी